्राज्य में चिकित्सा विभाग ने एक हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केन्द्र के रूप में स्थापित करेगी और देश में नए अवसर उत्पन्न करेगी प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते हुए आशा व्यक्त की कि युवाओं के सपनों से ही आने वाले दिनों में देश की वास्तविकता आकार लेगी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोडना है

श्री मोदी ने कहा कि शोध के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं इसके लिए धन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है

राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दी जबकि लोकसभा से ये पहले ही पारित हो चुका है इस विधेयक में केन्द्र सरकार को केवल युद्ध और अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही कुछ खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को विनियमित करने की अनुमति दी गई है

सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री दानवे राव साहिब दादाराव ने कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा

लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है

कुछ अपराधों के लिए जुर्माने की राशि भी घटाई गई है

राज्यसभा में विपक्ष के आठ सदस्यों ने अपने निलंबन के विरोध में संसद परिसर में धरना समाप्त कर दिया इनमें कांग्रेस मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद हैं जो रातभर प्रदर्शन स्थल पर बैठे रहे इन सदस्यों को सदन में अनुचित व्यवहार के लिए मॉनसून सत्र की बची अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया था केन्द्र सरकार द्वारा रबी फसलों के समर्थन मूल्य में कल की गई बढ़ोतरी से प्रदेश के किसानों में खुशी है

जयपुर में मालवीय नगर मानसरोवर दुर्गापुरा और जगतपुरा ऐसे स्थान हैं जहां बड़ी संख्या में संक्रमित सामने आ रहे हैं

डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी

श्रीमती ज़किया टोंक से तीन बार विधायक रहीं उनके निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मो ने अपने शोक व्यक्ति किया है

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर परीक्षार्थियों को मास्क ज़रूर लगाने और पारदर्शी बोतल में सेनेटाइजर लाने के लिए कहा गया है

अदालत ने यूजीसी से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि छात्रों को कॉलेजों में प्रवेश मिले जिससे उनका ये साल खराब न हो

गृहमंत्रालय ने इस सम्बंध में एक पत्र और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा है

नामांकन भरने का समय सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक रहेगा गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी और तीन बजे तक नाम वापस लिये जा संकेगे इसके बाद गुरुवार को ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे और अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी

इस बीच निर्वाचन आयोग ने आज पहले चरण के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी है

इस बार यह फेयर वर्च्अल होगा इसका उदघाटन उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा करेंगे

भीलवाड़ा में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक करोड़ रुपये की अंग्रेजी शराब जुब्त की है यह शराब भीलवाड़ा बाईपास पर नाकाबंदी के दौरान एक कंटेनर से जब्त की गई

कंटेनर का चालक मौके से फरार हो गया

एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव भेजने को कहा है श्रोता माई जीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर अपने सुझाव भेज सकते हैं रेल्वे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कोटा नागदा के बीच इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है ये ट्रेन कल से दैनिक आधार पर चलेगी

राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है

इस बीच प्रदेश में फिर से गर्मी और उमस बढ़ गई है

मौसम विभाग ने आज बीकानेर भरतपुर अजमेर जयपुर कोटा तथा उदयपुर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है